आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर साफ दिखाई दे रहा है

मुद्रा स्फीति की दर बढने से साफ है कि महंगाई बढ़ी है

प्रदेश के कर राजस्व में दो फीसदी से अधिक इजाफा इस साल हुआ जबकि गैर कर राजस्व बीते साल के मुकाबले एक फीसदी की बढ़ोतरी के साथ एक दशमलव पांच चार फीसदी तक पहुंच गया कोरोना काल के बावजूद प्रदेश में राजकोषीय घाटे में भी कमी दर्ज की गई गतिरोध समाप्त शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के आज छठे दिन पक्ष विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध ट्रट गया विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार के साथ कांग्रेस सदस्यों संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज माकपा सदस्य राकेश सिंघा की हई बैठक के बाद कांग्रेस के पांच सदस्यों के निलंबन को समाप्त करने का रास्ता निकला अध्यक्ष के साथ बातचीत के बाद विपक्षी सदस्य फिर सदन में आए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राज्यपाल के अभिभाषण की अवमानना के संदर्भ में निलंबित किए गए कांग्रेस के पांच सदस्यों नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हर्षवर्धन चौहान सुंदर ठाक्र विनय कुमार और सतपाल रायजादा के निलंबन को निरस्त करने का प्रस्ताव सदन में पेश किया जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोकतंत्र पक्ष विपक्ष दोनों पहियों पर चलता है और किसी भी कानून को बनाने में भी दोनों का होना आवश्यक है उन्होंने कहा कि सदन के नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के निर्देश पर वे सदन में पांच विधायकों के निलंबन को निरस्त करने का प्रस्ताव रख रहे हैं चर्चा के बाद संसदीय कार्य मंत्री द्वारा लाए गए निलंबन को निरस्त करने के प्रस्ताव को सदन ने स्वीकार कर दिया मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने सदन के भीतर चल रहे गतिरोध के समाप्त होने पर ख्शी जताते हुए कहा कि सदन की स्थापित परंपरा रही है कि पक्ष विपक्ष आमने सामने बैठे उन्होंने प्रदेश हित में दोनों पक्षों का सदन में होना जरूरी बताते हए कहा कि विचार अलग हो सकते हैं लेकिन वे एक दूसरे के द्रश्मन नहीं हैं उन्होंने कहा कि हर विवाद का हल संवाद है और आज ऐसी स्थिति आई है और वे विपक्षी सदस्यों के सदन में आने पर उनका स्वागत करते हैं कांग्रेस विधायकों ने भी गतिरोध को समाप्त कर पार्टी के पांच विधायकों के निलंबन को निरस्त करने का स्वागत किया है संकल्प राज्य सरकार प्रदेश में भांग की खेती को कानूनी दर्जा देने के लिए नीति बनाने पर विचार करेगी यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज प्रदेश विधानसभा में भाजपा सदस्य रमेश धवाला द्वारा प्राइवेट मेंबर डे के तहत भांग की खेती को वैध करने को नीति बनाने पर विचार करने के लिए लाए गए संकल्प के जवाब में कही मुख्यमंत्री ने कहा कि भांग की खेती हिमाचल में आय का बहुत बड़ा साधन बन सकती है बशर्ते इसके लिए उचित कानून बने

इसके तहत प्रदेश सरकार राज्य में भांग की खेती के लिए नियम बना सकती है

यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से कही

मुख्यमंत्री वक्तव्य कोरोना कोरोना के मामलों में फिर से तेजी और पड़ोसी राज्यों में भी इसके लगातार पैर पसारने से हिमाचल प्रदेश सरकार की चिंताएं एक बार फिर बढ़ गई हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी पर विधानसभा में चिंता जताई और लोगों से कोविड संबंधी उचित व्यवहार का कड़ाई से पालन करने की अपील की मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से कहा कि कोरोना के मामलो में फिर से तेजी चिंता का विषय है उन्होने कहा कि परस्पर सामाजिक दूरी मास्क का प्रयोग और हाथों को नियमित तौर पर धोते रहने से इस संक्रमण से बचा जा सकता है उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे कोविड संबंधी उचित व्यवहार का संदेश जन जन तक पहुंचाएं ताकि प्रदेश में कोरोना की एक और लहर को रोका जा सके जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कल केबिनेट की बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर निरंतर निगरानी रखते हुए और केबिनेट की अगली बैठक में स्थिति की समीक्षा कर ज़रूरत के अनुसार कदम उठाए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में हुई कोरोना मामलों में बढ़ोतरी कुछ समूहों में एक साथ बड़ी संख्या में मामलों की पुष्टि की नतीजा है इससे पहले राकेश सिंघा ने प्वाइंट आफ आर्डर के तहत कोरोना संक्रमण को लेकर मामला उठाया प्रश्नकाल विधानसभा में आज लगातार दूसरे दिन विपक्ष की गैर मौजूदगी में प्रश्नकाल चला ऐसे में केवल सत्तापक्ष के विधायकों ने अपने अपने सवाल पूछे

उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई बढ़ने पर मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाती रही है और यह वृद्धि महंगाई में होने वाली बढ़ोतरी से अधिक है

उन्होंने कहा कि ये सभी खोखे अवैध हैं और इनके मालिकों को नई जगह भी आवंटित की गई है लेकिन कुछ लोग वहां जाने को तैयार नहीं है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विधायक होशियार सिंह के सवाल पर कहा कि डंप यार्ड के कारण सीमेंट के रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्होंने कहा कि डंप यार्ड से सीमेंट के दाम का कुछ भी लेना देना नहीं है सीमेंट यदि फैक्ट्री से होल सेलर के पास जाएगा तो भी उसे आगे बाजार में ले जाने के लिए दोबारा ट्रक में लोड करना पड़ता है उन्होंने कहा कि सरकार का सीमेंट के दामों पर कोई नियंत्रण नहीं है